हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज जापान के राजद्वत सतोशी सज़की से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बात की जापानी कंपनियों ने हरियाणा में और निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज सूक्षम लघ् और मझौले उद्योगों एमएसएमई किसानों रेहड़ी व फड़ी पर सामान बेचने वालों की मदद करने के लिए कई ऐतिहासिक फैस्ले लिये है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसले के बारे मीडिया को बताते हये सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सुक्षम लघ् और मझौले उदयोगों की परिभाषा मे और संशोधन किया गया है जिससे और उद्योग भी इसके दायरे में आ जायेंगे

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि अब किसानों को ऋण उतारने के लिए अगस्त का सयम मिला गया है

पत्र सूचना कार्यालय ने एक टवीट में इस खबर को झूठी और गुमराहपर्ण बताया है इसने कहा कि सीबीएससी ने इस कार्य के लिए कोई ओएसडी निय्क्त नहीं किया

इसने कहा है कि एक तरफ मरीज़ों की स्वस्थ होने की दर में सुधार है दूसरी ओर मृत्यु दर में भी कमी आई है

महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी

ये महिला बापूधाम कालोनी से है

हरियाणा में अम्बाला छावनी से रेल सेवा शुरू हो गई है आज हरिदवार के लिए अमृतसर हरिदवार जन शताब्दी रवाना की गई

अम्बाला से सवार होने वाले यात्रियों की मुख्य दवारा पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई

प्लिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है होडल अपराध जांच शाखा प्रभारी ने बताया कि पृछताछ में आरोपी यवक ने अपना नाम आविद बताया है वह गांव नई का रहने वाला है

सिविल सर्जन डॉ सुरेन्द्र नैन ने बताया कि दो कैदी जमानत पर रिहा हये थे

इनमें से दिल्ली से टोहाना पहुंचे ग्जराती परिवार का एक व्यक्ति और रेलवे प्लिस बल का जाखल प्रभारी भी शामिल है जाखल रेलवे स्टेशन के पीछे लगती गली को सैनेटाइज़ किया किया गया

सिविल सर्जन डा जसजीत कौर ने बताया कि यह ब्ज्र्ग मूलत दिल्ली के रहने वाले है और इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती किया गया है

रोहतक में नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है सिविल सर्जन डॉ अनिल बिरला ने बताया कि कई दिन पहले तबीयत खराब होने पर उसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया था इसके अलावा पीजीआई की दो स्टाफ नर्सो के कोरोना पोजिटिव पाये जाने की भी खबर है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज भारत में जापान के राजदूत सतोषी सुज्की के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत की पहले से हरियाणा मे काम कर रही कई जापानी कंपनियों से हरियाणा मे और निवेश करने में रूचि दिखाई मुख्यमंत्री ने राजय सरकार दवारा विदेशी निवेशकों को उदयोग के लिए भूमि आंवटित करने सहित कई जानकारियां दी उन्होंने बताया कि नई औदयोगिक विकास नीति देश मे बेहतर नीति है जिसमें निवेश को और आसान बनाया गया है